लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जारी शिमला सहित कई स्थानों पर वर्षा से मौसम में आई ठण्डक

भाजपा व कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं

चम्बा में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि देश की जनता ने एकबार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है

उधर बिलासपुर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में मतदान का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार ने बिलासपुर में एम्स संस्थान दिया है

बाद में अमित शाह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत नाहन में चुनावी रैली को संबोधित किया

शिमला संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने भी रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चम्बा बिलासपुर और नाहन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर लोगों से भाजपा की जीत का दावा किया

सुन्नी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने केन्द्र सरकार को कई मुददों पर घेरा और दावा किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास किया उन्होंने कहा कि देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर है और प्रदेश में भी पार्टी चारों सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया रामलाल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने आज बिलासपुर में हुई भाजपा की रैली में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जनहित से जुड़े मुददे प्रमुखता से उठाए हैं और सांसद बनने पर वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को संसद में पुरज़ोर ढंग से उठाएंगे उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया

रैली के मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं

इस बीच रैली को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव भी किया है रजनी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मण्डी संसदीय क्षेत्र के तहत किन्नौर जिले में चुनाव प्रचार किया उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने में नाकाम रही है रजनी पाटिल ने दावा किया कि पूर्व यूपीए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए

पार्टी प्रत्याशी दलीप सिंह कायथ अनेक स्थानों पर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं माकपा नेता संजय चौहान ने बताया कि उनकी पार्टी भाजपा व कांग्रेस की कथित जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है

आश्रय शर्मा मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने भाजपा पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के द्रूपयोग का आरोप लगाया है मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री व अन्य भाजपा नेताओं के चुनाव प्रचार पर नज़र रखने की अपील की उन्होंने कहा कि मण्डी से वर्तमान सांसद की कथित नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है

शिमला रिथत सेना प्रशिक्षण कंमाड के चीफ ऑफ स्टाफ लैफिटनेट जनरल जीएस सांघा ने अनाडेल हैलीपेड पर उनका स्वागत किया शिमला प्रवास के दौरान जनरल विपिन रावत अग्रिम क्षेत्र में सुरक्षा के हालात जानने के लिए सैनिकों की तैनाती का जायजा लेंगे साथ ही राज्यपाल व प्रदेश के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे मौसम लाहौल स्पीति ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज दिनभर रूक रूक कर हल्का हिमपात होता रहा जबकि शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवाओं के बीच दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई जिससे मौसम में ठण्डक आ गई है जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि लाहौल व स्पीति उपमण्डल को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद है और चुनाव सामग्री को हैलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा